उन्हें समाज के सभी वर्गो का सम्मान मिला

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोडी है वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला वे एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हसमुख नेता थे श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था बाइट एक भी मेरी मुलाकात पिछले तीन साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह और मैं बहुत अंतर्मन से कहता हूं कि वो एक पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता है और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व ये संबंध ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम है और वो काम प्रणब दा ने किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने श्री मूखर्जी के निधन पर संवेदना व्य्क्तत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया बाइट वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट में उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो वो हमेशा एक अच्छें शिक्षक की मूमिका में पेश आए एक महान राष्ट्रनेता एक धूरंधर रणनीतिकार एक सभी पार्लियामेंट में गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया उनको हमारी भावभीनी श्रद्वांजलि

कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नये उपाय किये जा रहे हैं इन उपायों में सभी सांसदों की जांच लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जूडे गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा

पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब प्रदेश में साप्ताहिक बंदी दो दिन की बजाय रविवार को रहेगी

उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड चिकित्सालय और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल केन्द्र में नियमित रूप से बैठ कर कोरोना कार्यो की समीक्षा करे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

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इस महीने की सात तारीख से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी

सरकार को विशेष अनुमति को छोडकर अंतराष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा

सरकार की रणनीति के तहत टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढी है और मृत्युदर कम हुई है इस समय मृत्युदर एक दशमलव सात सात प्रतिशत है

आईआईटी के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के एक समूह ने जरूरतमंद विद्यार्थिायों को परीक्षा केन्द्रों तक आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया है

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और कर्मचारियों का कोविड महामारी से बचाव और परीक्षा के सुचारु आयोजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है

एक आरोपी की आज गिरफ्तारी की गई